नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि दस सालों में कांग्रेस सरकारों ने हर बड़े फैसलों को टाला जिससे देश को नुक्सान उठाना पड़ा है उन्होंने कहा कि कांग्रेस व महामिलावटी गठबंधन का मिशन उनकी छवि को बिगाड़ने का है मगर मोदी का मिशन भारत की छवि को ऊंचा उठाना है प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने रक्षा व सैन्य नीति को कमजोर करने का काम किया है जबकि एनडीए सरकार ने सैनिकों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को रक्षा मामलों में आत्मनिर्भर बनाने के बारे में न तो सोचा और न ही कोई कदम उठाया जयराम वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष के बेमेल गठबंधन के पास देशवासियों की भलाई का कोई विजन नहीं है शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है जबकि मोदी के पांच साल के कार्यों ने जनता का दिल जीत लिया है जयराम ठाक्र ने कहा कि आजादी के बाद देश को मोदी के रूप में एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है और उन्होंने देश में आतंकवादियों व माओवादियों को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दिल में समाज के सबसे कमजोर के प्रति जिम्मेदारी का भाव है इसीलिए इस वर्ग के हित में कई योजनाएं चलाई है वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं वो कई लोकसभा चुनावों में हर बार दोहराये जाते हैं

ऐसे में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है और भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आजाद भारत के इतिहास में ये पहला चुनाव है जिसमें महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है अपने प्रचार अभियान के तहत आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने अपने शासनकाल में हर संवेदनशील मुद्दे पर उदासीनता दिखाते हुए हुआ तो हुआ वाला रवैया अपनाने के कारण देश को हर मामले में पीछे धकेलने का काम किया है कांग्रेस वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज रोहड् विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार किया इस दौरान शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी धनीराम शांडिल भी उनके साथ मौजूद रहे मंडी से पार्टी उम्मीदवार आश्रय शर्मा ने किन्नौर जिले के विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लेकर लोगों से समर्थन मांगा इसी तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने नादौन विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर प्रचार किया और मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर पर क्षेत्र में विकास न करवाने का आरोप लगाया उड़ान दो उड़ान दो योजना के तहत चंडीगढ़ कुल्लू के बीच आज से हेलिकॉप्टर सेवा शुरू हुई जो सप्ताह में तीन दिन उपलब्ध रहेगी इससे जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं कुल्लू मनाली आने वाले सैलानियों को सुविधा होगी भुंतर एयरपोर्ट के निदेशक प्रभाकर मिश्रा ने बताया कि कल से धर्मशाला के लिए भी हेलिटैक्सी सेवा शुरू हो रही है ये सेवा चंडीगढ़ शिमला होते हुए कुल्लू पहुंचेगी और इसका किराया प्रति सीट करीब छ हजार रुपए रहेगा

घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंच कर कड़ी मशक्कत के बाद करीब तीन घंटे बाद आग पर काबू पाया